प्रदेश में आज भाजपा के तीन और कांग्रेस के पांच प्रत्याशियों समेत अन्य उम्मीदवारों नामांकन दाखिल किए

पहले चरण में बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इक्यानवे निर्वाचन क्षेत्रों में ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे उत्तराखंड में आज भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों केप्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किये नैनीताल ऊधमसिंह नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने नामांकन पत्र भरा इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे निशंक के नामांकन से पहले एक जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसभा में मौजूद जनसैलाब बता रहा है कि हरिद्वार की जनता निशंक जी को दोबारा सांसद चुनने के लिए कमर कस चुकी है पार्टी के अल्मोड़ा उम्मीदवार अजय टम्टा ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया अल्मोड़ा में बारिश के बाबजूद नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिखा इस लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी चार जिलों और चौदह विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा कार्यकर्ता इकट्टा हुए नामांकन के दौरान अजय टम्टा ने मोदी सरकार के विकास कार्यों और मॉडल की तारीफ की

भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर हैं उधर टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत पहले ही अपने पर्चे दाखिल कर चुके हैं प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज ही नामांकन दाखिल किये नैनीताल ऊधमसिंह नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन किया इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे इसके साथ ही आरक्षित संसदीय सीट अल्मोड़ा से पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने नामांकन कराया इस मौके पर उन्होंने राज्य की पांचों सीटें जीतने का दावा किया टिहरी से पार्टी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया

पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने भी पर्चा भरा पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी इसी महीने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं हरिद्वार से कांग्रेस के अंबरीश कुमार ने भी आज अपना नामांकन भरा

साथ ही विधानसभा और ब्रथवार कार्मिकों की तैनाती करते हुए नोडल और समन्वयक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान के लिए उनहत्तर स्थलों को चुना गया है जिनमें वेबकास्टिंग की जाएगी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में भारतीय पुलिस सेवा के संजय कुमार जैन को राज्य में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है उन्होंने देहरादून की एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली श्री जैन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करवाने को कहा साथ ही सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश दिये उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियुक्त करने और पोलिंग पार्टियों के साथ ही पुलिस का मूवमेंट कराने के निर्देश दिये

शिविर का शुभारंभ आज केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविन्द कुमार नौटियाल ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण से बढ़कर कोई और धरोहर नही है हम सभी को इसे संवारना और आगे बढ़ाना है इसके लिए स्कूली बच्चे ही सबसे ज्यादा कारगर हो सकते हैं कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉ आरएस रावल ने कहा कि स्कूली बच्चों को पर्यावरण के करीब लाने के लिए हर वर्ष इस शिविर का आयोजन किया जाता है उन्होंने कहा कि युवा वर्ग का पर्यावरण के प्रति कम हो रहे लगाव को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है कार्यक्रम के संयोजक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आईडी भट्ट ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से बच्चों को निकटवर्ती गांवों नदियों जंगलों जैव विविधता की बारीकियो के बारे में बताया जा रहा है शिविर में सात जिलों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं

स्लग चमोली धनराशि चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना के तहत दी गई धनराशि को खर्च नहीं करने पर नाराजगी जतायी है उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि गुणवत्ता के साथ शत प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और अंतिम समय में कार्य करने की परंपरा को बदलें उन्होंने कहा कि तीस मार्च तक जो विभाग जिला योजना की धनराशि पूरी तरह से खर्च नही कर पायेगा अगली जिला योजना से उसे कम धनराशि आवंटित की जायेगी जिला योजना में लोकनिर्माण विभाग ने सबसे कम करीब उनहत्तर प्रतिशत ही खर्च किया है इसके अलावा पेयजल निगम खादी ग्रामोद्योग लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग ने भी पूरा बजट खर्च नहीं किया है

स्लग हॉस्टल सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राजधानी देहरादून में एक हॉस्टल का निर्माण किया गया है इसके लिए तीस अप्रैल तक आवेदन किये जा सकते हैं देहरादून के डांडा लखौंड स्थित वॉर मेमोरियल हॉस्टल में एक सौ पच्चीस छात्रों और इतने ही छात्राओं के रहने की व्यवस्था है इसमें पांचवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा